कोरोना वायरस से सुरक्षित क्षेत्रों में बीस अप्रैल से दी जायेगी छूट

बिहार में कोरोना वायरस के आठ और नये मरीज हुए स्वस्थ

केंद्र सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि तीन मई तक बढ़ाने के मद्देनजर नये दिशानिर्देश आज अधिसूचित किये हैं जनता की कठिनाई कम करने के लिए कुछ और गतिविधियों की अनुमति दी गई है यह अनुमति ऐसे क्षेत्रों में बीस अप्रैल से लागू होगी जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा घोषित कोरोना वायरस से सुरक्षित क्षेत्र होंगे दो चालकों और एक हेल्पर के साथ सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवागमन की भी अनुमति होगी चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए बिजली मैकेनिक आईटी रिटर्न भरने में मदद करने वाले प्लंबर मोटर मैकेनिक और बढ़ई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों की सेवाओं को बड़ी छूट दी गई है ऐसे लोग कोरोना वायरस से सुरक्षित क्षेत्रों में सभी क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे जिन भवन निर्माण स्थलों पर मजदूर उपलब्ध हैं और जहां संबंधित नगरपालिका या नगर निगम के बाहर से मजदूर बुलाने की आवश्यकता नहीं है वहां कार्य शुरू किया जा सकेगा मनरेगा कार्य के लिए सामाजिक दूरी बनाये रखने और मास्क पहनने के नियम का सख्ती से पालन करने के साथ अनुमति दी गई है केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर बिजली निर्माण संप्रेषण और वितरण का कार्य जारी रहेगा माल परिवहन के लिए बंदरगाहों और कंटेनर डिपो के कार्य भी किये जा सकेंगे प्रसारण डीटीएच और केबल सेवाओं सहित प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया भी कार्य करता रहेगा आवासीय परिसरों और कार्यालयों के लिए सभी निजी सुरक्षा एजेंसियों को भी काम करने की अनुमति दी गई है कोविड उन्नीस महामारी के कारण फंसे पर्यटकों और लोगों को सेवाएं दे रहे तथा मेडिकल और आपातकालीन सेवा दे रहे कर्मचारियों के लिए होटल होमस्टे लॉज और मोटल काम करते रहेंगे केंद्र सरकार उसके स्वायत्त और सहयोगी निकायों के सभी कार्यालय खुले रहेंगे पुलिस होमगार्ड सिविल डिफेंस अग्निशमन विभाग और आपातकालीन सेवाएं आपदा प्रबंधन जेल और नगर निगम सेवाएं बिना किसी बाधा के काम करेंगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य सभी विभाग सीमित संख्या में कर्मचारियों के साथ काम करेंगे एक रिपोर्ट साउंड बाईट नये दिशा निर्देशों का मकसद लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान हासिल किये गये अनुमव का लाम उठाते हुए कोरोना वायरस के प्रसार को धीमा करना है बीस अप्रैल को जिन गतिविधियों को गति दी जानी है उनका उद्देश्य कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों को पटरी पर लाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दक्ष बनाना है साथ ही इसका उद्देश्य दिहाड़ी और अन्य मजदूरो को रोजगार के पर्याप्त अवसर मुहैया कराना है ये दिशा निर्देश समी स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक क्षेत्रों को बिना किसी बाधा के कार्य करने की अनुमति देते हैं उन्हें से अवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की श्रृंखला को बनाये रखने का भी प्रबंध करते हैं इन दिशा निर्देशों का मकसद अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों को संचालित करना है जो कुंपि ग्रामीण विकास और रोजगार सुजन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है इन दिशा निर्देशों में उन क्षेत्रों में सख्त प्रोटोकॉल बनाये रखने की वकालत की गई है जहां इस महामारी से निर्पटने के लिए लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेन्द्र सिंह आकाशवाणी समाचार केंद्र ने कहा है कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और सभी को सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा

सभी मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने इस बात पर बल दिया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के जरिए लागू प्रतिबंधों को कमजोर नहीं कर सकते लेकिन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय जरूरतों के अनुसार इन दिशा निर्देशों से भी कड़े उपाय लागू कर सकते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि नये दिशा निर्देश सभी फील्ड एजेंसियों को भेजे जाएं और जनहित में इनका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए केन्द्रीय केबिनेट सचिव ने आज केन्द्र सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देशों को निर्बाध और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक की केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं सभी नागरिकों विशेष रूप से ऐसे ग्रामीण इलाकों जहां मेडिकल सेनिटाइजर उपलब्ध नहीं हैं वहां सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है राज्य सरकारों से पानी की कमी वाले क्षेत्रों में आपूर्ति बढाने के उपायों को प्राथमिकता देने तथा राहत शिविरों अस्पतालों वृद्वाश्रमों और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है सरकार ने कहा है कि पेयजल की सुरक्षा के लिए जहां आवश्यकता हो क्लोरीन की गोलिया ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाना चाहिए पानी की शुद्धता के लिए क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर जैसे पदार्थो की निर्बाध आपूर्ति होनी चाहिए बिना रूकावट आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए

प्रवेश द्वारों कैफेटेरिया लिफ्ट और वॉशरूम सहित परिसरों के सभी क्षेत्रों को पूरी तरह संक्रमण मुक्त किया जाना चाहिए बाहर से आने वाले कामगारों के लिए विशेष परिवहन सुविधा की व्यवस्था की जानी चाहिए इन वाहनों में यात्री क्षमता की केवल तीस से चालीस प्रतिशत सवारी ही बैठायी जानी चाहिए परिसरों में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों और मशीनों को अनिवार्य रुप से छिड़काव के जरिए संक्रमण मुक्त किया जाना चाहिए परिसरों के प्रवेश और निकास द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य की गई है रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में सभी यात्री रेल सेवाएं पूर्णबंदी के कारण तीन मई तक प्री तरह रद्द रहेंगी रेल मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि यात्रियों की भीड़ के लिए कोई विशेष रेलगाड़ी चलाने की योजना नहीं है मंत्रालय ने कहा कि सभी लोगों को यह स्पष्टीकरण ध्यान में रखना चाहिए और किसी भी अफवाह से बचना चाहिए केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से रबी मौसम की गेहूँ खरीद शुरू करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने को कहा है कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन में अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर का शुभारंभ किया इससे लॉकडाउन के दौरान जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को एक से दूसरे राज्य में आसानी से पहुंचाया जा सकता है

कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की पहल से राज्यों के बीच तालमेल के लिए अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर की चौबीसों घंटे सेवा शुरू की गई है

इन दिशा निर्देशों के अनुसार भीड प्रबंधन मास्क के उपयोग पर विशेष जोर है साउंड बाईट गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य है किसी भी संगठन को और सार्वजनिक जगहों के प्रबंधक को पांच या उससे अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं देनी होगी विवाह और अंतिम संस्कार के दौरान भीड़ को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनियमित किया जाएगा सार्वजनकि स्थलों पर थ्रकने पर जुर्माना लगेगा और शराब गुटखा तथा तंबाकू जैसी वस्तुओं की बिक्री पर कड़ा प्रतिबंध रहेगा सरकार ने समी कार्यस्थलों में उपयुक्त स्थानों पर तापमान जांचने और सेनिटाइजर उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा है कार्यस्थलों पर प्रत्येक शिफ्ट के बीच एक घंटे का अंतर होना चाहिए साथ ही सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए अलग अलग समय पर भोजन अवकाश होना चाहिए कोरोना वायरस संक्रमण के अति संवेदनशील स्थानों के रूप में चिन्हित नवादा नालंदा सीवान और बेगूसराय जिले में कल से घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जायेगी यह अभियान इन जिलों के आठ हजार गांवों में चौबीस अप्रैल तक चलाया जायेगा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि इसके साथ ही राज्य में अब तक जो भी पॉजिटिव मामले आये हैं उनके आवासीय परिसर के तीन किलोमीटर के दायरे में भी स्क्रीनिंग अभियान चलाया जायेगा श्री कुमार ने बताया कि राज्य भर में पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर इस अभियान में आंगनबाड़ी सेविका और स्वास्थ्य कर्मी शामिल होंगे इस दौरान सर्वेक्षण भी होगा एक फार्मेट में प्ररी सूचना एकत्र की जायेगी और लक्षण के बाद जांच के आधार पर संदिग्ध लोगों को क्वारेनटाईन में रखा जायेगा औरंगाबाद जिले में गोह प्रखंड में संदिग्ध कोरोना मरीजों की जांच करने गयी मेडिकल टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया एकौनी गांव में हुए इस घटना में आयुष चिकित्सक डॉक्टर अरविंद कुमार सहित ग्यारह स्वास्थ्य कर्मी घायल हो गये इस मामले में चौवालीस आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है एक अन्य घटना में प्रर्वी चंपारण जिले के हरिसिद्दी थाना अंतर्गत जागा पाकड़ भैया टोला में कोरोना वायरस और चमकी बुखार को लेकर चलाये जा रहे जागरुकता कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक दल के सदस्यों पर असामजिक तत्वों ने हमला कर दिया इस दौरान बीडीओ सुनील कुमार समेत दो पुलिसकर्मी घायल हो गए बिहार में कोविड उन्नीस महामारी से संक्रमित आठ और लोग आज स्वस्थ हो गये इसके साथ ही स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या सैंतीस हो गयी है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि सभी संक्रमितों की दूसरी टेस्ट रिपोर्ट भी निगेटिव आयी है कल इन्हें एनएमसीएच अस्पताल से छुट्टी दी जायेगी इधर पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के चार और मामले आने से राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या सत्तर हो गई है नालंदा में दुबई से लौट कर आए तीन लोग संक्रमित पाए गए हैं जबकि एक मामला मुंगेर से आया है वहीं देश भर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक हजार छिहत्तर नये मामलों की प्रष्टि के साथ ही कोविड उन्नीस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर ग्यारह हजार नौ सौ तैंतीस हो गयी है इलाज के बाद तेरह सौ चौवालीस लोग स्वस्थ हुए हैं वहीं इस महामारी से अब तक तीन सौ बानवे लोगों की मृत्यु हुई है फिल्म अभिनेता अरशद वारसी ने कोविड उन्नीस संक्रमण से निपटने के लिए लोगों से समय समय पर हाथ धोने की अपील की है

मम्मी हमेशा कहती थी कि कभी कभी घर पे बैठा करो हमारे साथ

मम्मी कहा करती थीं कि छींकते वक्त मुंह बंद कर लिया करो खासतौर पर जब आसपास लोग हों तो आप भी अकेले में छींकीएगा

दिन में दस पन्द्रह बार हाथ धोया करो अच्छी बात है

नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर राकेश गर्ग ने कहा कि लोगों को निर्देशों का पालन करने और आवश्यक उपाय करने से भी कोविड उन्नीस के फैलाव को रोका जा सकता है

जब हम उस लॉकडाउन को पूरी तरह से नहीं मान रहे हैं तो वहां पर चांसेज होने के ज्यादा हैं तो अगर हम इसको देखें कि हमारे फ्यूचर में कैसे स्प्रैड होने वाला है तों वो बिलक्ल उसपे डिपेंड करेगा कि हमारा लॉकडाउन कैसा रहता है सोशल आइसोलेशन कैसा रहता है सोशल डिसडेंसिंग कैसा रहता है नम्बर ऑफ केसेस बहुत कम हो जायेंगे अगर ये सारे जो प्रीकोशन्स हैं इसको पूरी तरह से हम सभी लोग उसमें सहयोग करें और उसको मानें केन्द्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा है कि कोविड उन्नीस महामारी से बचने की वैक्सीन विकसित करने का कार्य जोर शोर से जारी है आकाशवाणी से विशेष बातचीत में डॉक्टर विजय राघवन ने कहा कि उद्योग जगत और शोधार्थी इस पर काम कर रहे हैं

कुछ कोलेबरेशन्स विदेशी इन्स्टीटचूट्स और डब्ल्यू एच ओ के साथ मी हो रही है और दुनिया में अमी तक तीन वैक्सीन ट्रायल पर गए हैं एक तो आगे थोड़ी आगे बढ़ गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सही लॉट्री टिकट्स कई खरीदे हैं और उनमें सक कम से कम एक तो प्राइस विन करेगी वैक्सीन तो आ जानी चाहिए कोरोना लॉकडाउन की अवधि तीन मई तक विस्तारित किये जाने के कारण वार्षिक माध्यमिक परीक्षा दो हजार बीस की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य भी तीन मई तक स्थगित कर दिया गया है मूल्यांकन केन्द्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं की समुचित सुरक्षा के लिये कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है शेखपुरा जिले में शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र के तीन लोगों में कोविड उन्नीस के संदिग्ध लक्षण पाये जाने के बाद उनके स्वैब और रक्त के नमूने जांच के लिये भेजे गये हैं

कोरोना वायरस से सुरक्षित क्षेत्रों में बीस अप्रैल से दी जायेगी छूट

बिहार में कोरोना वायरस के आठ और नये मरीज हुए स्वस्थ